कर्नाटक कर्नाटक में राजनीतिक गतिरोध बना हुआ है राज्यपाल वजुभाई बाला ने मुख्यमंत्री एचडी कुमार स्वामी से विश्वास मत की प्रक्रिया आज ही पूर्ण करने को कहा है उन्होंने कहा है कि विधानसभा में शक्ति परीक्षण बिना किसी देरी के पूरा किया जाये

उन्होंने कहा कि ना तो सरकार बचाने के लिये मैंने कोई प्रयास किये और ना ही करूंगा इसलिये विपक्ष को सरकार गिराने और नई सरकार को बनाने के लिये इतना उतावलापन नहीं दिखाना चहिये इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता यदुरप्पा ने कहा है कि कुमार स्वामी सरकार अपना बहुमत खो चुकी है उसे अब सत्ता में बना रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है विस हंगामा भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक सुरेंद्रनाथ सिंह के एक कथित बयान को लेकर विधानसभा में आज काफी हंगामा हुआ इसके कारण अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद प्रजापति को सदन की कार्यवाही दो बार स्थगित करनी पड़ी हंगामें के चलते सदन में आज तीसरे दिन भी प्रश्नकाल नहीं हो सका सत्तापक्ष के सदस्यों ने प्रश्नकाल के दौरान यह मामला उठाया उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा नेता ने कल एक प्रदर्शन के दौरान मुख्यमंत्री और मंत्रियों के खिलाफ आपत्तिजनक बातें कहीं हैं इन सदस्यों ने इस मुद्दें पर चर्चा के साथ ही सुरेन्द्रनाथ सिंह के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की इस मांग को लेकर सत्तारूढ़ दल के कई सदस्य अध्यक्ष के आसन के निकट पहुंच गये इसी बीच नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव और वरिष्ठ विधायक नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि इस विषय पर चर्चा करा ली जाये इस पर अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद प्रजापति ने कहा कि पहले प्रश्नकाल चलने दिया जाये लेकिन हंगामा लगातार जारी रहा

सदन की कार्यवाई दोबारा शुरू होने पर अध्यक्ष ने कहा कि कोई भी चाहे किसी भी दल का हो उसे ऐसा नहीं करना चाहिये इसके बाद सदन की कार्यवाई बढ़ सकी सदन में इस मामले को लेकर हंगामे के कुछ ही देर बाद पुलिस ने सुरेन्द्रनाथ सिंह को गिरफ्तार कर लिया

पीएम सुझाव प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस भाषण के लिये लोगों से सुझाव आमंत्रित किये हैं एक टवीट में श्री मोदी ने लोगों से नमो ऐप में विशेष रूप से बनाये गये ओपन फोरम में अपने विचार भेजने को कहा है

आयोग नोटिस निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी तृणमूल कांग्रेस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को नोटिस भेजकर पूछा है कि लोकसभा चुनावों में खराब प्रदर्शन को देखते हये क्यों ना उनका राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा समाप्त कर दिया जाये आयोग ने इन पार्टियों से पांच अगस्त तक नोटिस का जवाब मांगा है

इस विधेयक में केन्द्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोगों के लिये कानून बनाने का अधिकार दिया गया है विपक्ष ने विधेयक का यह कहकर विरोध किया कि इससे सूचना आयोग की स्वायत्ता और उसके अधिकार सीमित हो जायेंगे वहीं सरकार ने कहा कि मूल कानून बनाते समय इसके लिये कानून नहीं बनाया गया था इसलिये सरकार को यह विधेयक लाना पड़ा इस विधेयक को पेश करने के लिये मतदान भी हुआ

श्री कमलनाथ ने ट्वीट के जरिए कहा कि प्रियंका गांधी को सोनभद्र में आदिवासी नरसंहार के पीड़ित परिवारों से मिलने के लिये रोकना लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन है ग्रहमंत्री बयान गृहमंत्री बाला बच्चन ने दावा किया है कि सरकार द्वारा उठाये गये कदमों से राज्य में अपराधों में कमी आयेगी उन्होंने आज विधानसभा में अपने विभागों से संबंधित अनुदान मांगों पर हुई चर्चा का जवाब देते हुये कहा कि सरकार ने वचन पत्र के अनुरूप पुलिस कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश की सुविधा शुरू की है पुलिस विभाग के संसाधन बढ़ाये जाने के लिये भी कदम उठाये जा रहे हैं इससे पहले विपक्ष के नेता गोपाल भार्गव सहित कई अन्य विपक्षी सदस्यों ने आरोप लगाया है कि अपराध बढ़ रहे हैं और कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ चुकी है इससे नागरिक अपने आपको असुरक्षित महसूस कर रहे हैं नरोत्तम आरोप भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आरोप लगाया है कि राज्य में आर्थिक आपात काल के हालात बन गये हैं

यह स्थिति इस बात का प्रमाण है कि राज्य की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई है उच्च न्यायालय उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ ने विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के कलपति बालकृष्ण शर्मा की नियुक्ति को सही ठहराया है उच्च न्यायालय की युगल पीठ ने इस बारे में दायर याचिका की सुनवाई करते हुये कहा कि कुलपति की नियुक्ति का अधिकार कुलाधिपति यानी राज्यपाल को है इस नियुक्ति को लेकर कुलाधिपति और शासन के बीच परामर्श हो चुका है इसके बाद ही राजभवन की ओर से यह नियुक्ति की गई है जो विधि सम्मत है

राष्ट्रपति द्वारा यह पुरस्कार गणतंत्र दिवस के पूर्व प्रदान किये जायेंगे बाल शक्ति पुरस्कार के विजेता बच्चे दिल्ली में होने वाली गणतंत्र दिवस परेड में भी शामिल किये जायेंगे उत्कृष्ट कार्य करने वाले बच्चों व्यक्तियों और संस्थाओं को सम्मानित किये जाने के लिये यह पुरस्कार शुरू किये गये हैं मौसम राजधानी भोपाल सहित आसपास क्षेत्रों में आज दोपहर हुई बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है

इस दौरान प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर वर्षा और कहीं कहीं भारी वर्षा होगी

जबलपुर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश वी के शुक्ला इस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे